निर्मल गैस द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले फाइवर से बने हुए ब्लास्ट प्रुफ एलपीजी सिलिंडर पारदर्शी है इस अवसर पर गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह सिलिंडर उपभोक्ताओं तक पहुंचने से दुर्घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार के अवसर बढ़ जाते है उन्होंने कहा कि जिस तरह निर्मल गैस एजेंसी के माध्यम से राज्य में पचास से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है

भारत को फ्रांस से पहला राफाल लड़ाकू विमान मिल गया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मेरिनेक में दसॉल्ट एविएशन की उत्पादन इकाई में एक समारोह में इसे प्राप्त किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह समारोह भारतीय वायु सेना के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है उन्होंने कहा कि यह भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी का प्रतीक है यह समारोह ऐसे समय हुआ है जब भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस मना रही है और देश में आज विजयदशमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है इससे पहले रक्षा मंत्री ने फांस के राष्ट्रपति एमेनुल मैक्रो से मुलाकात की उन्होंने भारत फ्रांस रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की श्री सिंह ने भारत के महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी के रुप में फ्रांस का स्वागत किया उन्होंने फ्रांस के सैन्य बलों की मंत्री सुश्री फ्लारेंस पार्ली और राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार एडमिरल बर्नाड रोगेल से भी मुलाकात की विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रक्षा मंत्री की फांस के राष्ट्रपति से मुलाकात बहुत सार्थक और सौहार्दपूर्ण रही इन दोनों नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की श्री सिंह ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने तथा मेक इन इंडिया में सहयोग के लिए राष्ट्रपति मैक्रो को धन्यवाद दिया भारतीय वायुसेना सत्तासीवीं वर्षगांठ के मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना केंद्र पर भव्य परेड और प्लाईपास का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदोरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायु सेना देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा चौकस है

सामरिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर ध्यान देने की जरुरत है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वायु सैनिकों का अभिवादन किया है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि गौरवशाली राष्ट्र वायु सेनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला इस महीने की ग्यारह तारीख को नई दिल्ली में शुरु होगा तीन दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्देश्य देश विदेश की सहकारिता संस्थाओं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस मेले में डेढ़ सौ से ज्यादा सहकारी संस्थाओं और अमरीका इंग्लैंड जर्मनी चीन तथा जापान समेत पैंतीस देशों के खरीददारों के भाग लेने की उम्मीद है उन्होंने कहा कि यह देश में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला होगा जिससे सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा वर्ष दो हजार उन्नीस का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार अमेरिका विलियम जी कैलिन जूनियर ब्रिटेन पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को संयुक्त रुप से दिया गया है नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार इन वैज्ञानिकों को ऑक्सिजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में कोशिकाओं पर किए गए शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है निर्णायक मंडल ने कहा कि उनके शोध से शरीर में खून की कमी कैंसर और अन्य बीमारियों के उपचार के नए तरीके मिलेंगे राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने काल राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र और क्षेत्रीय ई आकलन केंद्रों का उद्घाटन किया राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र दिल्ली में स्थिति है जबकि क्षेत्रीय केंद्र मुमबई चेन्नई कोलकाता अहमदाबाद पुणे बेंगलूरु दिल्ली और हैदराबाद में खोले गये हैं इन केंद्रों की स्थापना आयकर रिटर्न का ऑन लाईन आकलन करने के लिए किया गया है इसके शुरु हो जाने से करदाताओं को आयकर कार्यालय जाने की जरुरत नहीं होगी विजयदशमी और दशहरे का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है